जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से टीम गठित कर मामले की जॉच शुरू कर दी है उन्होंने कहा कि जाँच में देखा जाएगा कहाँ कहाँ अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी साथ ही शराब माफिया को किनका संरक्षण प्राप्त है

जहरीली शराब से हुई मौतों के मामलें में पुलिस मुख्यालय भी सख्त नजर आ रहा है वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले में जिला पुलिस की संलिप्तता की निष्पक्ष जाँच कराने की बात कही है आईजी कानून व्यवस्था का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इस बीच पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है देहरादून के एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा मामले की जांच की जा रही है

घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है उनका कहना है कि यहां शराब का अवैध कारोबार चल रहा है जहरीली शराब पीने से ही लोगों की मौत हुई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज भी बड़ी संख्या में नामांकन पत्र खरीदे गए नामांकन पत्रों को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है वहीं चमोली जिले में संवेदनशील और अति संवदेनशील मतदान केन्द्रों को चिन्हित किया गया है

इन मतदान केन्द्रों को मुख्य सड़क मार्ग से अधिक पैदल दूरी मतदाताओं की संख्या अधिक होने विभिन्न जाति समुदाय के मतदाता होने राजनैतिक प्रतिद्वंतिता और रंजिश आदि कारणों से संवेदनशील और अति संवदेनशील श्रेणी में रखा गया है जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि मतदान के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी

इस दौरान पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून अशोक कुमार सहित पुलिस के तमाम आला अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया मीडिया से बात करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि नशे पर रोक लगाने के लिए प्रदेश में एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स की स्थापना की गयी है जो थाना जिला और प्रदेश लेवल पर काम कर रहा है नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस आरोपियों की पूरी गैंग पर कार्रवाई करेगी उन्होंने कहा कि पुलिस नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी बैठक रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में निजी वाहनों टैक्सियों उत्तराखंड सड़क परिवहन स्कूली बसों सहित सरकारी वाहनों की सख्ती से चैकिंग की जाएगी जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एआरटीओ को यह निर्देश दिये इसके अलावा बस टैक्सी से बाहर चिप्स आदि के पैकेट बाहर फेंकने वाले यात्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी

काउंसलिंग सहायता बागेश्वर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत संवेदीकरण कार्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कैरियर काउंसलिंग सहायता का आयोजन किया गया कार्यशाला में उपस्थित महिलाओं को बेटियों के महत्व के बारे में बताया गया जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है बेटियां आज विश्व में देश का नाम रोशन कर रही हैं उन्होंने सभी से अपील की कि वे महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाएं कि बेटी है तो समाज है उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को क्पोषण से बचने के लिए पोषक आहार का सेवन करना चाहिए ताकि मां और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे उन्होंने छात्राओं को बताया कि किस तरह से वो तैयारी कर अपने मुकाम तक पहुंच सकती हैं इस आयोजन से छात्राएं काफी खुश नजर आयी बैडमिंटन चैंपियनशिप अल्मोड़ा में चल रही ईस्ट जोन स्टेट बैडमिंटन टीम चैम्पियनशिप में उत्तराखंड ने जूनियर और सीनियर वर्गों में बाजी मारी है जूनियर और सीनियर वर्गो में जीत के बाद प्रदेश के खिलाड़ी नेशलन टीम चैम्पियनशिप में दमखम दिखाएंगे उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर टीमों को एक एक लाख रुपये दिये गये अदीति भट्ट अल्मोड़ा निवासी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चौंपियन अदीति भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किये गए फिट इंडिया कार्यक्रम का स्वागत किया है हाल ही में बुल्गारिया में इंटरनेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली अदीति भट्ट ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि फिट रहना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अदिति को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रैंड अम्बेसडर भी बनाया है

अब वे अगली प्रतियोगिता की तैयारियों में जुटी हैं

महिला चिकित्सालय में पुराने चिकित्सालय भवन का जीर्णोद्वार कर आशा कार्यकत्रियों के आराम और रूकने के लिए आशा घर बनाया गया है इस मौके पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि संस्थागत प्रसव के लिए आशाओं के देर सवेर आने पर उनकी सुरक्षा को देखते हुए आशा घर बनाया गया है उन्होंने जिले के सभी महिला चिकित्सालयों में भी जल्द आशा घर बनाये जाने की बात कही जिलाधिकारी ने कहा कि आशा और एएनएम स्वास्थ विभाग की रीढ़ और अभिन्न अंग है स्वास्थ विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के संचालन में आशा कार्यकत्रियों की अहम भूमिका होती है इसलिए आशाओं को सुविधा देना हमारा दायित्व है उन्होंने बताया कि आशाओं का मानदेय और अन्य क्लेम समय से दिया जायेगा और उनकी सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनवाया जा रहा है जिसमें आशा कार्यकत्रियां अपने बिल और भुगतान देख सकेंगी अतिक्रमण कार्रवाई देहरादून शहर में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लोक निर्माण विभाग नगर निगम पुलिस विभाग और जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ आगामी कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की अपर मुख्य सचिव ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का कार्य सुनिश्चित करने और मलबे को हटाने का कार्य साथ साथ करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अगर सार्वजनिक मार्गो में अतिक्रमण होता है तो उसे बिना किसी नोटिस के हटा दिया जाए

छूटे हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नवरात्र के त्योहार के बाद की जाएगी स्वच्छता कार्यक्रम चंपावत स्वच्छ भारत अभियान के तहत चंपावत जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में एनसीसी द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित कर प्लास्टिक के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है